प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ग्जरात के गांधी नगर में आलू की फसल पर तृतीय वैश्विक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि किसानों द्वारा किये गये प्रयासों और सरकारी नीतियों की सांझ का यह परिणाम निकला है कि भारत कई अनाजों और अन्य खादय पदार्थो के उत्पादन में विश्व के तीन शीर्ष देशों में शामिल हो गया है उन्होंने कहा कि केन्द्र ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये है जिनमें इस क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश खोलना और प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के माध्यम मूल्य संवर्धन और मूल्य श्रंखला विकसित करने में मदद करना शामिल है

उन्होंने कहा कि सरकार पारम्परिक कृषि को बढ़ावा दे रही है क्योंकि सरकार की पहल किसानों एवं उपभोक्ताओं के बीच परतों की और अपव्यय को कम करना है प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार कृषि प्रौद्योगिकी पर आधारित स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दे रही है ताकि किसानों का डाटाबेस और कृषि भंडार का प्रयोग प्रचंड और श्दव खेती के लिए किया जा सकें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि य्वा भारत आंतकवाद का म्काबला करेगा आज नई दिल्ली में करिअय्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कश्मीर को आंतकवाद से मुक्त कराया है उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या स्वतंत्रता मिलने के समय से ही बन हुई थी लेकिन इसे हल करने के लिए क्छ नहीं किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर देश का आभूष्ण है और इसे समस्याओं से मुक्त करना एक जिम्मेदारी थी जिसे एनडीए सरकार ने पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने य्वाओं से आग्रह किया वे परिवर्तन लाने में देरी न करें उन्होंने कहा कि भारत य्वाओं का देश है और अतीत की च्नौतियों और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हये देश का नई ऊचाईयों तक ले जाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए प्रधानमंत्री ने इस बात को भी उजागर किया कि किस तरह पूर्वोतर राज्यों में स्थिति में महत्वपूर्ण स्धार आया है श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि दशकों बाद भारत को अगली पीढ़ी का लड़ाकू विमान रफाल मिल गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम म्सलमानों के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे है श्री मोदी ने कहा कि मासूम हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्म परिवर्तन किया है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान छदम य्दव लड़ रहा है लेकिन भारतीय सेना उसे दस दिन में हरा सकती है

हरियाणा के सिरसा में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने लघ् सचिवालय कालोनी में बनाये गये वन स्टोप सेंटर सखी का उदघाटन किया

पंजाब और हरियाणा में करोना वायरस के तीन से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आये है हमारे संवाददाता ने बताया कि मोहाली में चीन से लौटे एक व्यक्ति को बुखार आदि होने के कारण शक के आधार पर पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया है पीजीआई के निदेशक प्रो जगत राम ने बताया कि लक्षणों के आधार पर और चीने से आने के कारण रोगी को एक अलग वार्ड में एंकात में रखा गया है

उन्होंने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वाइन फलू और करोना वायरस के लक्षण मिलते ज्लते है

उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस वायरस के दो संदिग्ध मरीज़ होने की प्ष्टि की है उन्होंने कहा कि इन मरीज़ो मे करोना वायरस जैसे लक्ष्ण पाये गये है लेकिन जांच होने के बाद ही करोना वायरस होने की पृष्टि हो सकेगी श्री विज ने बताया कि इन मरीजों को भी विशेष तौर पर बनाये वार्डो में अलग रखा गया है और उनके परिवारिक सदस्यों पर भी नज़र रखी जा रही है

इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा भी ली जाएगी

नगर निगम अम्बाला द्वारा आज सम्पति कर बकायादारों के विरुद्व बडी कार्यवाही करते हए सम्पत्तियों को सील किया गया है आयुक्त नगर निगम अम्बाला पार्थ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम के सम्पत्तिकर बकायादारों को सम्पत्तिकर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी करके स्नवाई का अवसर भी प्रदान किया गया

इस मौके पर केंद्रीय जलशक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि भाखड़ा डैम को बनवाने में संयुक्त पंजाब के तत्कालीन कृषि मंत्री चौधरी छोट्राम का विशेष योगदान रहा हैउनके इस योगदान को देखते हए चैधरी छोटूराम की प्रतिमा भाखड़ा डैम पर स्थापित की जाएगी उन्होंने दीनबंध् छोट्राम को महान कर्मयोगी बताते हए कहा कि भारत को महान देश बनाने में उनकी विशेष भूमिका रही है

करनाल में हरियाणा फ्रेश ब्रेंड के तहत उचानी कृषि केन्द्र में किसान संगठन ने शहद का बिक्री केन्द्र खोला है जिसका उदघाटन् बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्ज्न सैनी ने किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहद की सीधे बिक्री से किसानों की आय में द्गनी से ज्यादा वृदवि होगी वहीं बिचौलिये न होने से उपभोक्ता को भी शहद उचित मूल्य पर मिलेगा उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के सहयोग से करीब दो हजार किसानों ने संगठन बनाकर एक स्टार्टअप श्रू किया है और ये प्रदेश मे संगठनका तीसरा बिक्री केन्द्र है